लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में कल राज्य की पांच सीटों दरभंगा उजियारपुर समस्तीपुर बेगूसराय और मुंगेर में मतदान होगा

इसके साथ ही एक सौ तीस जगहों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गयी है

पांचवें से लेकर अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है छह मई को पांचवे चरण में सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर सारण हाजीपुर और मधुबनी लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होगा